गुजरात में वलसाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अच्छा मकान मिलने का सपना इसलिए पूरा होता है क्योंकि इसमें बिचोलियों कीकोई जगह नहीं है

सूचना और प्रसारण मंत्रीकर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने एक ट्वीट में श्री जेटली का स्वागत किया

राज्य में अस्थियों का विसर्जन बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पृष्कर सरोवर में किया गया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन कार्यकम में शामिल हुए

यहां युवा उद्यमियों को काम करने के लिए मुफ़त जगह उद्यम के लिए फंडिंग और विशेषज्ञों की सलाह सहित अन्य सुविधाएं होंगी

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इसके बाद यात्रा बीकानेर संभाग में जायेंगी

ये कावड़िये बीसलपुर से जल भरकर आगे जा रहे थे

टोंक के अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है

वे कुन्हाड़ी स्थित श्रीहरि अस्पताल में अनाधिकृत रूप से सोनोग्राफी कर रहे थे इस दौरान नकदी सोनोग्राफी मशीन और अन्य रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं

आज प्रतापगढ ब्रंदी सवाईमाधोपुर दौसा झालावाड और कोटा में तेज पानी बरसा अच्छी बरसात के कारण चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है कोटा बैराज के पांच गेट खोलकर करीब तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है

बूंदी जिले में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है इससे तालेडा मेज घोडा पछाड और मांगली नदियां उफान पर हैं बारा में परवन नदी उफान पर है प्रतापगढ जिले के पीपलखुंट में पिछले दो दिनों में दस इंच बरसात रिकॉर्ड की गई हैं इधर धौलप्र में रिमझिम वर्षा का दौर जारी रहा

मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी हैं

अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर आज पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने जियारत की भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने राजसमंद जिले के भीम के पटवारी को आठ हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार कर लिया

बाड़मेर जिले में आज अभय कमाण्ड सेन्टर शुरू हुआ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के जरिये इसका शुभारंभ किया

कार्यकम में संस्कृत में काव्य पाठ किया जा रहा है